प्रचार का कल अंतिम दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भरेंगे नामांकन पत्र पांचवे चरण में प्रदेश की चौदह लोकसभा सीटों के लिये एक सौ इक्यासी प्रत्याशी चुनावी मैदान में मतदान छः मई को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने कहा मतदाता और मतदान लोकतंत्र की आत्मा है लोकतंत्र के त्यौहार में सभी नागरिकों की सहभागिता को बताया जरूरी

इस बीच विभिन्न दलों के बड़े नेता चुनावी सभाएं और रोड शो कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो किया वे आज यहां से नामांकन पत्र भरेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में लंका गेट से रोड शो शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री ने पण्डित मदन मोहन मालवीय को श्रद्वांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का काफिला बनारस के मदनपुरा सुनारतुला अस्सी और शिवाला जैसे इलाकों से होता हुआ दशाश्वमेघ पहुंचा प्रधानमंत्री यहां गंगा आरती में भी शामिल हुए रोड़ शो में योगी अदित्यनाथ पीयूष गोयल महेन्द्र पांडे और अश्विन चौवे सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहें सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी इससे पहले प्रधानमंत्री ने बांदा और बिहार के दरमंगा में चुनावी रैलियों को सम्बोधित किया उन्होंने विपक्ष पर जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया आतंकवाद से दृढ़ता से निपटने के लिए अपनी पार्टी के संकल्प को दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की इस बात के लिए आलोचना की कि आतंकवाद से निपटने के लिए उसके पास कोई नीति नहीं है बांदा में प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और बहजन समाज पार्टी उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को गुमराह कर रही हैं उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रस्तावित एक्सप्रेस वे और रक्षा गलियारे के निर्माण से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत बारह करोड़ छोटे किसानों को लाभ पहुंचेगा प्रदेश में एक करोड़ किसान इस योजना के तहत लाभ उठा चुके हैं उनके बैंक खातों में पहली किस्त जमा हो चुकी है प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार मतदान कर रहे युवा नए भारत के निर्माण में योगदान कर रहे है इस लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहें नौजवान नए भारत के नए संस्कारों का निर्माण कर रहा है इसकी वजह है उस पर अतीत का बोझ नही हैं उसके पास सिर्फ और सिर्फ भविष्य के सपने हैं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी वोट बैंक की राजनीति में विश्वास नहीं करती है कल ओरैया में एक चुनाव रैली में उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वेपरि है और सरकार पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस ने न्यूनतम आय गारंटी योजना न्याय के बारे में जाने माने अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श किया है राजस्थान के अजमेर में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से गरीबों मजदूरों और छोटे व्यापारियों का पैसा छीना गया है और इन सबकों न्याय योजना से लाभ मिलेगा

श्री योगी ने दावा किया कि दोबारा भाजपा की सरकार बनने पर आतंकवाद जड़ से समाप्त हो जायेगा मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ में चुनावी सभा में कहा कि आतंकवाद का गढ़ बन चुके इस जिले को भाजपा ने नई पहचान दिलाई है उन्होंने आजमगढ़ में नया विश्वविद्यालय बनाये जाने की बात भी कही कांग्रेस की महासचिव और चुनाव के लिये पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल झांसी और जालौन में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी के सम्थन में लोगों से वोट की अपील की समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने गरीबों दलितों युवाओं और किसानों की सेवा के नाम पर दिखावा करने के लिए भाजपा की आलोचना की है और कहा कि वह केवल पूंजीपतियों के हितों को ही बढ़ावा देती है कन्नौज में सपा बसपा और रालोद गठबंधन की संयुक्त जनसभा आयोजित हई इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह गठबंधन जमीन से जुड़े लोगों का है जो देश में नई सरकार बनायेगा बसपा प्रमुख मायावती ने रैली में बाबा साहेब डॉ भीम राव आम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार केन्द्र में आती है तो वह गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेगी यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी सरकार यहां देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने छह हजार रूपये देने की बजाये उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थाई रोजगार देने की ही पूरी पूरी व्यवस्था करेंगे रैली को रालोद प्रमुख अजित सिंह ने भी संबोधित किया और उन्होंने गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की पांचवें चरण में प्रदेश की चौदह लोकसभा सीटों के लिये एक सौ इक्यासी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं इस चरण में धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्वी बाराबंकी फैजाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा लोकसभा सीटों पर छह मई को मतदान होगा पांचवें चरण में लखनऊ अमेठी रायबरेली और फैजाबाद जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं लखनऊ संसदीय सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और सपा प्रत्याशी पूनम सिन्हा चुनाव मैदान में हैं वहीं अमेठी सीट पर भाजपा प्रत्याशी एवं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और कांप्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच कड़ा मुकाबला है रायबरेली सीट पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव मैदान में हैं इस चरण में दो करोड़ सैंतालीस लाख नौ हजार पांच सौ पन्द्रह मतदाता है जिनमें एक करोड़ बत्तीस लाख उन्सठ हजार तीन सौ ग्यारह पुरूष और एक करोड़ चौदह लाख अड़तालीस हजार आठ सौ तिरासी महिला मतदाता हैं जबकि एक हजार तीन सौ इक्कीस थर्ड जेंडर मतदाता हैं सोलह हजार एक सौ छब्बीस मतदान केन्द्र और अट्ठाईस हजार से अधिक मतदेय स्थल बनाये गये हैं लोकसभा चुनाव के छठें चरण में प्रदेश की चौदह सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच की गई इस जांच में कुल एक सौ अट्ठावन नामांकन पत्र रद्द कर दिये गये सबसे ज्यादा पच्चीस प्रत्याशियों के पर्च फूलपुर लोकसभा सीट पर खारिज किये गये इसी क्रम में संतकबीर नगर सीट पर सत्ताईस उम्मीदवारों में से बीस के नामांकन निरस्त किये गये भदोही सीट पर बत्तीस उम्मीदवारों में से बीस के पर्चे निरस्त किये गये अम्बेडकर नगर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मेद सिंह निषाद सहित कुल आठ प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया इस सीट पर बीस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था अब इन चौदह सीटों पर कुल एक सौ पचहत्तर उम्मीदवार मैदान में रह गये हैं आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है इन सीटों पर बारह मई को मतदान होगा लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया तेजी से चल रही है कल गाजीपुर में केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में अपना नामांकन पत्र भरा इस चरण के लिये नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तारीख तीस अप्रैल है मतदान उन्नीस मई को सम्पन्न होगा सातवे चरण में प्रदेश की जिन तेरह सीटों पर चुनाव कराये जाने हैं उनके नाम हैं महराजगंज गोरखपुर कुशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने कहा कि मतदाता देश का भाग्य विधाता है हर मतदाता के वोट का महत्व बराबर है श्री लू ने कल गोण्डा में आयोजित मंडलीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का श्भारम्भ करते हुए कहा कि देश के महा त्यौहार लोकसभा चुनाव में देश के सभी नागरिकों की सहभागिता जरूरी है क्योंकि मतदाता और मतदान लोकतंत्र की आत्मा है कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए दो और उम्मीदवारों की सूची जारी की है अजय राय को वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ उतारा गया है वहीं मधुसूदन तिवारी गोरखपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी होंगे विश्व मलेरिया दिवस पर कल प्रदेश भर में मलेरिया की रोकथाम के लिये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये इस वर्ष मलेरिया दिवस की थीम है स्वयं को मलेरिया से मुक्त रखने की शुरूआत इस मौके पर लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग ने अभियान की श्रूआत हर रविवार मच्छर पर वार स्लोगन के साथ ही की